नगरीय विकास मंत्री जयवर्धन सिंह ने बताया है कि इस दौरान सभी बाजारों मॉल द्वकानों आदि में सिंगल यूज प्लास्टिक से पूरी तरह मुक्ति और अमानक पॉलिथिन को समाप्त करके विकल्पों को प्रोत्साहित किया जायेगा

इस दौरान बर्तन बैंक की स्थापना पर भी जोर दिया जायेगा सभी नगरीय निकायो में चलाये जाने वाने इस अभियान के अंतर्गत बाजारों को सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्त करने के लिए जिला स्तर पर बाजारों में प्रतियोगिता का आयोजन किया जायेगा

ग्राम सभाएँ गाँधीजी के ग्राम स्वरोजगार महिला स्वावलम्बन ग्राम स्वराज से ग्राम विकास और सादा जीवन उच्च विचार के मूल सिद्धांतों पर आधारित होंगी

उन्होंने बताया कि इन ग्राम सभाओं में गाँधी जी की ग्राम स्वराज की अवधारणा पर परिचर्चा होगी साथ ही पंचायती राज संस्थाओं को सशक्त बनाने के लिये लोगों की सरकार सिद्धांत को लागू करने के बारे में विचार विमर्श होगा कृषि ऐप केन्द्रीय कृषि मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने आज नई दिल्ली में खेती से संबंधित दो मोबाइल ऐप सीएचसी फार्म मशीनरी और कृषि किसान की शुरूआत की

वहीं कृषि किसान ऐप किसानों को उनके नजदीकी इलाके में उच्च उत्पादकता वाली फसलों और बीजों के बारे में जानकारी दर्शाएगा ऐप के माध्यम से जियो टैगिंग और जियो फेंसिंग में भी मदद मिलेगी किसानों को इससे मौसम संबंधी जानकारी भी मिल सकेगी श्री तोमर ने बताया कि केन्द्र किसानों की आय दोगुनी करने के लिए राज्य सरकार के साथ मिलकर लगातार काम कर रहा है

इसका नाम सशक्त सुरक्षा बैंक है कैसा है यह बैंक और यहां किस तरह की सुविधायें मिल रही हैं

इस पहल से महिलाओं की सेहत की देखभाल बेहतर ह्ई है आयुष्मान भारत योजना आयुष मंत्रालय ने आयुष्मान भारत योजना के लिए अगले वर्ष तक चार हजार दो सौ आयुष स्वास्थ्य और आरोग्य केन्द्र शुरू करने का फैसला किया है

भूकंप का केन्द्र पाकिस्तान में बताया जा रहा है इस्लामाबाद पेशावर रावलपिंडी और लाहौर सहित पाकिस्तान के उत्तरी क्षेत्र के कई शहर भूकम्प से हिल गए रिक्टर पैमाने पर इसकी तीव्रता पांच दशमलव आठ मापी गई है मीडिया रिपोर्टस के मुताबिक पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के मीरपुर में सड़कें धंस गई और एक इमारत ढह गई

खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री रामविलास पासवान ने आज नई दिल्ली में पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि प्याज की अस्थायी कमी महाराष्ट्र और मध्यप्रदेश में बाढ़ और वर्षा के कारण परिवहन में आई बाधा से पैदा हुई है

बारिश मौसम प्रदेश में बारिश का दौर धीरे धीरे कम हो रहा है

वहीं जबलपुर शहडोल भोपाल उज्जैन इंदौर और होशंगाबाद जिलों में कहीं कहीं वर्षा दर्ज किया